और आज विश्व एड्स दिवस है

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आशा व्यक्त की है कि दो हजार चौबीस तक भारत पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा और विश्व की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा गृहमंत्री ने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद में साठ प्रतिशत का योगदान देने वाला भारतीय उद्योग जगत दो हजार चौबीस तक देश को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का नरेन्द्र मोदी सरकार का लक्ष्य प्ररा करेगा मुम्बई में एक समारोह को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि आर्थिक वृद्धि की धीमी दर के बावजूद भारतीय उद्योग और बाजार इस अस्थायी संकट से उबर जाएंगे गृहमंत्री ने उद्योग जगत को भरोसा दिलाया कि सरकार मजबूती से उनके साथ खड़ी है और समस्त चुनौतियों का सामना कर रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भूगतान अब आधार संख्या के आधार पर किया जायेगा इसके साथ ही किसानों को अब अपना खाता पीएफएमएस से भी जोड़ना होगा

किसानों को बैंक की शाखा में जाकर इसके लिये अनुरोध करना होगा नई व्यवस्था आज से पूरे देश में लागू हो रही है किसानों की पुरानी बकाया किश्त का भुगतान भी अब नई व्यवस्था के अनुसार ही होगा पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के सभी अड़तीस जिला अदालतों में तीन माह के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का आदेश राज्य सरकार को दिया है इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने यह आदेश जारी किया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में न्यायिक अधिकारी अधिवक्ता कोर्ट कर्मचारी मुवक्किल और पक्षकार को भी इलाज की सुविधा मिलेगी इसको लेकर एक सौ अस्सी नये पदों का सुजन किया जा रहा है प्रदेश के छह जिलों की ग्यारह सड़कों और पुलों के निर्माण पर दो सौ छब्बीस करोड़ रूपये की राशि खर्च की जायेगी इसके तहत लगभग एक सौ बीस किलोमीटर सड़कों के जीर्णाद्वार के साथ साथ उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का भी निर्माण होगा यह जानकारी देते हुये पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि नालंदा दरभंगा पूर्णिया मुजफ्फरपुर पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर जिले की सड़कों की मरम्मत की जायेगी सरकारी तेल और प्राकृतिक गैस कंपनियों ने रसोई गैस की कीमत में बीस रूपये तक की वृद्धि की है घरेलू उपयोग वाला चौदह किलो का सिलेंडर अब सात सौ चौहत्तर के बजाय सात सौ तिरानवे रूपये पचास पैसे में मिलेंगे इसी तरह उन्नीस किलो वाले कॉमर्शिल गैस सिलेंडर की कीमत भी सत्रह रूपये पचास पैसे बढ़ाकर चौदह सौ सात रूपये पचास पैसे कर दी गयी है नई दरें आज से प्रभावी हो गयी हैं मोटरवाहन अधिनियम को सख्ती से लागू करने के लिये कल राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में विशेष अभियान चलाकर व्यावसायिक और निजी बसों की जांच की गयी इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले बीस बसों को जब्त किया गया और अंठानवे बसों से लगभग नौ लाख रूपये जुर्माना वसूला गया यह जानकारी देते हुये परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि फिटनेस प्रद्षण परमिट फेल बिना स्पीड गवर्नर और बिना रिफ्लेक्टिव टेप लगे बसों पर विशेष रूप से कार्रवाई की जा रही है राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में ठंड बढ़ रही है आज सुबह से ही हल्की धूंध छायी रही और हवा में ठंड का एहसास भी बढ़ गया मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कल से तापमान में और गिरावट होगी इसके साथ ही चार दिसंबर से अधिक ठंड पड़ने की संभावना है विभाग ने ये भी कहा है कि इस वर्ष राज्य में औसत ठंड पड़ने की उम्मीद है दिसंबर के अंतिम सप्ताह से जनवरी तक शीतलहर का प्रभाव रहेगा गंगा के तटीय क्षेत्र और दक्षिण बिहार में सर्दी अधिक पड़ सकती है इधर कोहरे के कारण ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ना शुरू हो गया है कई ट्रेनें विलंब से चल रही हैं

विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आज राज्यभर में कई कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है इस वर्ष विश्व एड्स दिवस की थीम है कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस यानि सामुदायिक प्रयासों से फर्क पड़ता है दो हजार सत्रह के आकड़ों के अनुसार हमारे देश में इक्कीस लाख चालीस हजार लोग एड्स से पीड़ित हैं सरकार इसकी रोकथाम के लिये राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चला रही है दो हजार तीस तक एड्स के खात्मे का सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिये सरकार ने दो हजार सत्रह से दो हजार चौबीस तक सात वर्षीय राष्ट्रीय कार्य योजना भी तैयार की है राज्य सरकार अब बिहार के कलाकारों की ब्रांडिंग करेगी कला और संस्कृति विभाग इसके लिये प्रदेश के कोने कोने से सभी कलाकारों का ब्यौरा जुटायेगा यह ब्यौरा एक डिजिटल प्लेटफार्म पर होगा जहां एक क्लिक से बिहार के हर विधा के कलाकार की जानकारी द्रनिया के किसी कोने से हासिल की जा सकेगी यह एक खूला फोरम होगा जिसमें कोई भी कलाकार निबंधन कराकार कहीं से भी अपना ब्यौरा अपलोड कर सकेगा पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेले जा रहे कूच विहार अंडर नाईंटीन क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार ने मणिपुर को एक पारी और उनतालीस रनों से हर दिया बिहार के गेंदवाज आमोद यादव ने दोनों पारियों में कुल नौ विकेट लिये कोलकाता में खेली गयी उनीसवीं राष्ट्रीय सब जूनियर वुशू चैंपियनशिप में राज्य के खिलाड़ियों ने पांच रजत समेत कुल आठ पदक जीते झंझारपुर से सकरी जंक्शन के बीच नवनिर्मित बड़ी लाईन पर तीन दिसंबर से ट्रेनों का परिचालन किया जायेगा फिलहाल इस रूट पर एक पैसेंजर ट्रेन चलायी जायेगी मुजफ्फरपुर आईजी गणेश कुमार ने वैशाली के महुआ थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है दुघर्टना में पकड़े गए वाहन को छोड़ने के कारण थानाध्यक्ष के खिलाफ यह कार्रवाई की गयी है पटना जिले फतुहा थाना के सूपनचक के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या तीस पर चार की संख्या में अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर एक ट्रैक्टर लूट लिया इस दौरान अपराधियों ने चालक को भी पीट पीटकर जख्मी कर दिया पटना के करबिगहिया इलाके में छापा मारकर पुलिस ने नकली पनीर बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है इस दौरान कई क्विंटल नकली पनीर और मक्खन जब्त किया गया केन्द्र सरकार ने बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करते हुए अपराध मनोविज्ञान के क्षेत्र में छह केन्द्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने का निर्णय किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने महाराष्ट्र में सरकार के विश्वासमत हासिल करने से जुड़ी खबर को शीर्षक दिया है उद्धव ने विवाद के बीच बहुमत साबित किया दैनिक जागरण लिखता है राज्यों को मोटर एक्ट का जुर्माना घटाने का मनमाना अधिकार नहीं दैनिक भास्कर ने आज से कई नियमों में बदलाव की खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है आज से बीमा ट्रेनों में नाश्ता व खाना महंगा बढ़ सकता है मोबाइल बिल भी अखबार आज का शीर्षक है बिहार में कोयला वाले चूल्हे पर लगेगी रोक राष्ट्रीय सहारा ने हैदराबाद में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के खिलाफ राष्ट्र व्यापी आक्रोश को शीर्षक दिया है हैदराबाद से दिल्ली तक लोग सड़कों पर

और आज विश्व एड़स दिवस है